कैंसर रोग के निदान के लिए नई पद्वतियों और चुनौतियों पर कल से जयपुर में देश विदेश के कैंसर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिये अधिसूचना कल जारी होगी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

सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया के लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयों में विशेष इंतजाम किए गए हैं राज्य में विधानसभा चुनाव में नामांकन की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाने के लिए कल केन्द्रीय चयन समिति की बैठक होगी इससे पहले कांग्रेस की स्कीनिंग कमेटी की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर सर्व सहमति बनाने के प्रयास किए गए है कल केन्द्रीय चयन समिति की बैठक में इन पर फैसला हो जाएगा वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक कल प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावडेकर को नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई दोनों प्रमुख दलों की पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है इधर जनता दल यूनाईटेड और बसपा ने बासवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं

इधर हनुमानगढ़ जिले में मतदान दलों का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है

श्री मोदी ने टिवटर पर लिखा दोनों आदर्श शख्सियतों की स्वतंत्रता संग्राम और सार्वजनिक कल्याण समानता शिक्षा तथा न्याय को लेकर उल्लेखनीय भूमिका कभी नहीं भुली जाएगी आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर हर वर्ष आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है मौलाना आजाद स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे

दिव्यांग युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए कल नई दिल्ली में वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी आईटी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक आईटी प्रतिस्पर्धा के विजेताओं को आज सम्मानित किया जाएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे केंद्र सरकार की लक्ष्य योजना के तहत प्रदेश के जिला अस्पतालों का चयन हुआ है

न्यायाधीश माथुर की मुख्य न्यायाधीश पद पर शपथ राजस्थान के लिए गौरव की बात होगी क्योंकि अब तक वहां प्रदेश का कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केन्द्र की ओर से कल से ऑन्कोपैथोलॉजी इंडो ग्लोबल समिट आयोजित किया जायेगा

आईसीसी महिला विश्व कप ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत आज अपने ग्रुप के दूसरे मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा मैच भारतीय समय के अनुसार रात साढ़े आठ बजे गयाना में शुरू होगा

इधर पुरूष किकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज शाम चेन्नई में होगा

जसप्रीत बुमराह उमेश यादव और स्पिनर कुलदीप यादव को इस मैच से आराम दिया गया है जबकि सिद्दार्थ कौल को टीम में शामिल किया गया है वेस्टइंडीज टेस्ट मैच श्रृंखला दो शून्य से और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच तीन एक से पहले ही हार चुका है